इसके लिए निर्वाचन विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है मतदान के लिए आज से मतदान दलों की रवानगी शुरू हो गई है इस चरण में गंगानगर बीकानेर चूरू झुंझुंन सीकर जयपुर ग्रामीण जयपुर अलवर भरतपुर करौली धौलपुर दौसा तथा नागौर संसदीय क्षेत्रों में वोट डाले जाएगे

चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने में पूरी ताकत झोंक दी पार्टी प्रत्याशियों को समर्थन में स्टार प्रचारकों ने रोड शो और जनसभाए की अब प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क करने में जुटे हुए है निर्वाचन विभाग ने बताया कि अब राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा सार्वजनिक सभा हारो है करने जुलूस निकालने इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार पर पूरी तरह रोक रहेगी उधर मतदान दिवस पर मतदाताओं को सहज और सुलभ स्वास्थ्य सेवाए लगातार मुहैया कराने के लिए जिले के सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खुले रहेगें

जम्मू कश्मीर में लद्दाख सीट तथा अनंतनाग सीट के पुलवामा और शोपियां जिलों में मतदान होगा

वहीं निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है हमारे संवाददाता ने बताया कि मतदान दलों की रवानगी हो गई है

शहर के खेल मैदान में इन खिलाडियों ने आमजन को चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान का संदेश दिया

आयोग ने कहा है कि इस मामले में गूजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट ली गई है और इसे आचार संहिता के प्रावधानों के अनुसार जांचा गया है जांच के बाद आयोग का मानना है कि इसमें सम्बन्धित प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हआ है

विधानसभा क्षेत्र मालवीय नगर के सहायक रिटर्निंग अधिकारी और जयपूर वृत्त द्वितीय की डीआईजी स्टाम्प आश चौधरी ने बताया कि टीम ने दुर्गापुरा पुलिया के नीचे नाकाबंदी के दौरान एक गाडी की डिग्गी में यह राशि बरामद की

केन्द्र ने कहा कि कुछ मीडिया खबरों और अनधिकृत तरीके से हासिल की गई अंदरूनी फाइलों की अध्री नोटिंग के आधार पर पूरे मामले को फिर र्स नहीं खोला जा सकता है

परीक्षा में नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है

नई दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में कल खेले गए मैच में दिल्ली केपिटल्स की टीम ने राजस्थान की टीम को पांच विकेट से हराया